लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार समाप्त हो गया है इस चरण में सात राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के उनसठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कल मतदान होना है इसमें पश्चिम बंगाल के शेष नौ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव भी शामिल हैं जहां प्रचार एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया था

श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ संयुक्त रूप से प्रेस कांफ्रेस को संबोधित किया

उन्होंने कहा कि इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी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

कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाक्र पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है

न्यायालय ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं कि दुष्कर्म के मामलों में पुलिस ने क्या कार्रवाई की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

जीआरपी और रेलवे पुलिस बल ने कल जोधपुर रेलवे स्टेशन पर रेल गाडियों के साथ यात्रियों और लगेज की सघन जांच की हालांकि कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला जीआरपी सूत्रों के अनुसार पंजाब और राजस्थान में सैन्य ठिकानों धार्मिक स्थान रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले किए जाने के संबंध में एक धमकी भरा पत्र मिला है

धमकी भरे पत्र में राजस्थान में बीकानेर रेलवे स्टेशन पर हमले का उल्लेख किया गया था धमकी भरा पत्र मिलने के बाद जीआरपी की एसपी ममता बिश्नोई ने अलर्ट जारी कर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बुकिंग खिडकी और चलती ट्रेनों खासकर स्पेशल रेल गाडियों में हथियारों से लैस होकर गश्त कर यात्रियों को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं

यह परीक्षण कोच्चि और चैन्नई के भारतीय नौसेना के जहाज से किया गया परीक्षण भारतीय नौसेना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा इजराइल के एयरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया मिसाइल का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है

जबकि मुख्य आरोपी थानेदार फरार हो गया है इस बारे में ब्यूरो की आगे की कार्रवाई जारी है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

देशभर में यह पर्व पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की श्भकामनाए देते हुए कहा है कि इस समय महत्मा बुद्ध के विचार पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है

अधिकांश जगहों पर आंधी तफान से जनजीवन प्रभावित हो रहा है नागौर जयपुर सीकर सहित कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश की खबरे हैं हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि शहर में लगातार मौसम खराब बना हुआ है

हमारे संवाददाता ने बताया कि पेयजल की समस्या के चलते रियासतकालीन यह पशुमेला लगातार दसवें साल स्थगित किया गया है

इस बीच दौसा में भी नांगल राजावतान इलाके में आए अंधड़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया आंधी और बारिश की वजह से यहां भी शादी कार्यक्रमों में भी व्यवधान आया उधर ड्रंगरपुर में दिनभर प्रचण्ड गर्मी के बाद शाम को मौसम में परिवर्तन आया और लगभग आधे घंटे तक बारिश हई